उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सभी विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे इस बीच सुरेश भारद्वाज ने सोलन में संस्कृत भारती के एक सम्मेलन में कहा कि संस्कृत भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत विद्यालयों की स्थापना के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है ई समाधान मुख्यमंत्री ई समाधान सुविधा को और मजबूत बनाने के दृष्टिगत कल शिमला में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सचिव आरएन बत्ता ने की उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री कार्यालय से विभागों को भेजी जा रही जनसमस्यों से संबंधित ई मेल पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया कार्यशाला में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया

केलंग में आज प्राकृतिक खेती विषय पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा लाहौल स्पीति की पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान खेती की इस पद्धति से अवगत हो सकें

वीरेन्द्र कंवर ऊना जिले में कृटलैहड के चलोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने आज आधारशिला रखी

उन्होंने बताया कि क्षेत्र में विभिन्न संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने रक्तदान जैसे पूनीत कार्य के लिए सभी से आगे आने का आहवान किया है कांगड़ा ज़िले में शाहपुर के सारनू में आज निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर में उन्होंने कहा कि रक्तदान जीवन दान है जिससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है सरवीण चौधरी ने इस पुनीत कार्य के लिए मिशन के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे

एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि इस राशि से संस्थान की स्थापना के लिए ज़रूरी कदम जल्द उठाए जाएंगे

समिति प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति ने आज केलंग में अधिकारियों के साथ बैठक कर लाहौल स्पीति ज़िले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की समिति अध्यक्ष सुखराम ने विकास कार्यों पर संतोष जताया और अधिकारियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से समर्पण भाव से कार्य करने को कहा ताकि ये द्र्गम क्षेत्र अन्य इलाकों की तरह विकास की राह पर आगे बढ़ सके उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया कि समिति के दिशा निर्देश के अनुसार ज़िले में कल्याणकारी और विकास कार्यों को गति दी जाएगी

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि इस फैसले से जहां बिजली की दरों में भारी वृद्धि होगी वहीं विद्युत आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा उन्होंने कहा कि इस फैसले पर रोक न लगाने की स्थिति में यूनियन संघर्ष शुरू करेगी